सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है

जबलपुर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस द्वारा जन जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है

शिवपुरी की समाजसेवी का रुक्मणी वशिष्ठ ने लोगों से कोरोना से बचाव को लेकर मास्क पहनने की अपील करते हए सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की बात कही है

ऑक्सीजन राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति भी दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है

वहीं आने वाले दिनों में मरीज की संख्या बढ़ने की आशंका को देखते हए भोपाल इंदौर ग्वालियर और जबलपुर सहित छह संभागों में कोविड केयर सेंटर के लिए भवनों की पहचान की जा रही है इन केंद्रों में लगभग एक हजार बिस्तर उपलब्ध होंगे

यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग ने इस बारे में सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद यह तय किया कि मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगाना जरूरी है

वे आकाशवाणी के मंडला जिला संवाददाता के रूप में भी कार्य कर चुके थे